योग दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई प्रधानमंत्री ने लोगों से घर पर रहकर सुरक्षित दूरी बनाये रखते हुए परिवार के सदस्यों के साथ योग करने की अपील की उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने में योग की महत्वपूर्ण भुमिका है और इससे शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने योग को शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिये महत्वपूर्ण बताया

मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग का महत्व बताते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने का आहवान कियाँ उन्होंने भी अपने परिवार के साथ घर में ही योग कियाँ इस अवसर पर शहर ही नहीं गांवों में भी योगदिवस उत्साह से मनाया गया शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानो ने भी सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए योग किया मंदसौर जिले के ग्रामीण इलाकों में बच्चे बूढ़े महिलाओं ने भी योग किया

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की पांच बैठकें होंगी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है

यह ग्रहण ऐसे समय में हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है यह देश के विभिन्न भागों में देखा गया ग्रहण को देखते हुए प्रदेशभर के मंदिरों के पट बंद रहे उमरिया और नीमच जिले में सूर्यग्रहण का असर देखा गया ग्रहण के कारण सड़के और बाजार सूने रहे होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संकमण को देखते हुए जिले में सामूहिक स्नान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था जबलपूर में नर्मदा और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में भी स्नान प्रतिबंधित रहा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

इससे क्षेत्र में जलसंकट से निपटा जा सकेगा